और प्रदेश में दो से तीन दिनों में मॉनसून के पहुंचने की सम्भावना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि स्वच्छता के लिए सोच बदलना बहुत आवश्यक है देश के सवा सौ करोड़ लोगों ने स्वच्छता का संकल्प लिया है श्री मोदी आज इंदौर में शहरी विकास महोत्सव को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार देश के बड़े शहरों के लिए स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी कार्यक्रम सहित पांच बड़ी योजनाएं चला रही है श्री मोदी ने कहा कि गांव यदि देश की आत्मा है तो शहर ऊर्जा के केन्द्र हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि साफ पेयजल आपूर्ति ठोस कचड़ा प्रबंधन शहरी यातायात और स्वच्छता अभियान से शहरों की सूरत बदल रही है उन्होंने कहा कि सरकार दो हजार बाईस तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है श्री मोदी ने कहा कि पिछले चार वर्षो के दौरान आठ करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण देशभर में किया गया है स्वच्छ भारत अभियान ने देश में बड़े पैमाने पर सफलता हासिल की है उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की डेढ़ सौवीं जयंती के अवसर पर देश को स्वच्छ बनाने का सपना पूरा हो जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे मन की बात की यह पैंतालीसवीं कड़ी होगी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा यह प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा डीडी न्यूज के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट इन पर भी इसे प्रसारित किया जाएगा मन की बात कार्यक्रम के मैथिली अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद किया जायेगा इसी प्रसारण को मैथिली भाषा में आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से रात्रि आठ बजे से दोबारा सुना जा सकता है गोपालगंज जिले के एसएस बालिका हाई स्कूल स्थित मूल्यांकन केन्द्र से मैट्रिक की उत्तर प्रस्तिकाओं के गायब होने के मामले में प्रलिस ने एक कबाड़ी दुकानदार और एक ऑटोरिक्शा चालक को गिरफ्तार किया है पुलिस ने बताया कि स्कूल के आदेशपाल छठ् सिंह ने कबाड़ी को साढ़े आठ हजार रूपये में उत्तर प्रस्तिकाएं बेच दी थी इस मामले में स्कूल के प्राचार्य प्रमोद श्रीवास्तव छठ सिंह सहित तीन लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है गौरतलब है कि बयालीस हजार उत्तर प्रस्तिकाओं के गायब होने के मामले में पटना उच्च न्यायायल ने राज्य सरकार से चार सप्ताह के अन्दर जवाब मांगा है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि रोहतास राज्य का पहला खुले में शौच से मुक्त जिला घोषित होगा श्री मोदी आज सासाराम में जिलास्तरीय बैंकर्स समिति और विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि राज्य सरकार ने चार प्रतिशत व्याज पर उच्च शिक्षा के लिए सभी जाति और धर्म के बच्चों के लिए कर्ज का प्रावधान किया है और कर्ज की अदायगी नौकरी लगने पर शुरू होगी उन्होंने केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया बैठक में उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी मौजूद थे भारतीय विशिष्ट पहचान संख्या प्राधिकरण यूआईडीएआई ने स्पष्ट किया है कि आधार अधिनियम के तहत आपराधिक जांच के लिए आधार बायोमेट्रिक डाटा के इस्तेमाल या उस तक पहुंच की अन्मति नहीं है प्राधिकरण ने मीडिया के एक वर्ग में प्रकाशित इस आशय की खबरों के संदर्भ में यह स्पष्टीकरण दिया है प्राधिकरण ने कहा है कि एकत्र बायोमेट्रिक्स डाटा का इस्तेमाल केवल आधार कार्ड बनाने और आधार कार्डधारक की पहचान निर्धारित करने में किया जा सकता है इसका इस्तेमाल किसी अन्य मकसद के लिए नहीं किया जा सकता हालांकि प्राधिकरण ने कहा है कि अधिनियम के कुछ प्रावधान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में बायोमेट्रिक्स डाटा के सीमित इस्तेमाल की अनूमति देते हैं प्राधिकरण किसी भी आपराधिक जांच एजेंसी के साथ बायो मेट्रिक्स डाटा साझा नहीं करता है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि अगले वर्ष से राष्ट्रीय प्रवेश पात्रता परीक्षा नीट में बैठने के लिए विद्यार्थियों को अपने राज्य से बाहर नहीं जाना होगा उन्होंने बताया कि राज्यों में आवश्यकतानुसार और परीक्षा केंद्र खोले जाएंगे नीट परीक्षा चिकित्सा और दंत स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है तमिलनाडु के विद्यार्थियों से शिकायत मिली थी कि उन्हें इस वर्ष नीट परीक्षा के लिए राज्य से बाहर का परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया था प्रदेश में दो से तीन दिनों में मॉनसून के पहुंचने की सम्भावना है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले अड़तालीस घंटों के दौरान अच्छी बारिश होने की उम्मीद है क्छ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है इधर पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के कई स्थानों पर मॉनसून पूर्व बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है सबसे अधिक नौ सेंटीमीटर बारिश पश्चिम चम्पारण जिले के रामनगर में दर्ज की गयी है सीतामढ़ी और दरभंगा में सुबह से ही बारिश हो रही है चनपटिया बेलसंड फ्लपरास गलगलिया शिवहर भीमनगर वीरपूर और लालबगिया घाट में पांच से लेकर आठ सेंटीमीटर तक बारिश हुई है प्रदेश में आज रोहतास जिले का डेहरी सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान तैंतालीस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया पटना में भी लोग उमस भरी गर्मी से परेशान रहे यहां का अधिकतम तापमान अड़तीस डिग्री सेल्सियस रहा जलवायू परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के उपायों पर विचार विमर्श के लिए कल से पटना में पूर्वी भारत के राज्यों का दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जायेगा ज्ञान भवन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे केन्द्रीय वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्वन विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मलित होंगे साहित्य अकादमी ने वर्ष दो हजार अठारह के लिए बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कारों की घोषणा की है इसके अन्तर्गत बिहार के दो साहित्यकारों सहित तेईस लेखकों को साहित्य अकादमी प्रस्कार प्रदान किया जायेगा मैथिली में यूवा साहित्यकार सुपौल जिले के उमेश पासवान को कविता संग्रह के लिए अकादमी पुरस्कार जबकि वैद्यनाथ झा को उनकी पुस्तक खिस्सा सुनू बाऊ के लिए मैथिली बाल साहित्य पूरस्कार प्रदान किया जायेगा स्वतंत्रता सेनानी और जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर राष्ट्र ने आज भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वर्गीय मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हये कहा कि उन्होंने सबसे ज्यादा महत्व शिक्षा स्वास्थ्य और सूरक्षा को दिया इधर पटना में भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में वरिष्ठ नेता और पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की उन्होंने कहा कि पार्टी पूरे प्रदेश में तीस जून तक डॉक्टर मूखर्जी का बलिदान दिवस मनायेगी दरभंगा जिले के वरीय पूलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने महिलाओं ओर लड़कियों की सुरक्षा के लिए शेरनी दस्ता का गठन किया है श्री कुमार ने बताया कि बीस महिला पूलिसर्मियों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है शहर के मुख्य चौक चौराहों के साथ स्कूल और कॉलेजों के आस पास शेरनी दस्ता को तैनात किया जायेगा शिवहर जिले के मुख्य डाकघर में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने का नीतिगत निर्णय लिया गया है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने स्थानीय सांसद रमा देवी को पत्र लिखकर इसकी सूचना दी है सांसद ने पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किये जाने की घोषणा पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है प्रदेश में अलग अलग सड़क द्र्घटनाओं में आठ लोगों की मौत हो गयी जबकि छह से अधिक लोग घायल हो गये सीवान जिले के जीबीनगर तरवारा थाना क्षेत्र के भल्ञआ गांव के पास ट्रक और मोटरसाईकिल के बीच हयी टक्कर में दो लोगो की मौत हो गयी जबकि एक अन्य घायल हो गया वहीं कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र के बघेल हाई स्कूल के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या दो पर एक ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाईकिल सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी शिवहर जिले के प्रनहिया थाने की पुलिस ने तीन वर्षो से फरार चल रहे नक्सली रीत लाल बैठा को गुप्त सूचना के आधार पर उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है भोजपूर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र में स्वर्ण व्यवसाई संघ ने स्रक्षा की मांग को लेकर आरा बक्सर मार्ग को घंटों जाम कर दिया गौरतलब है कि कल रात एक स्वर्ण व्यवसायी की अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी वैशाली सीवान और नांलदा जिले से पुलिस ने चार सौ अठासी कार्टन विदेशी शराब के साथ पांच लोगों को गिरफ्तार किया है वहीं जमूई जिले के अलीगंज बाजार से चौदह कार्टन विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और अब अंत में मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा स्वच्छता के लिए सोच बदलना बहुत जरूरी है

और प्रदेश में दो से तीन दिनों में मॉनसून के पहुंचने की सम्भावना